बहुचर्चित रूपेश कुमार सिंह हत्याकांड मामले में पटना पुलिस का खुलासा

परिजनों ने पुलिस के खुलासे को मनगढ़त बताया

पांच और छह फरवरी को हल्की बारिश का पूर्वानुमान बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि कार्मिक लोक शिकायत और विधि तथा न्याय विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न पक्षों से विचार विमर्श किया है श्री प्रसाद ने आज लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में बताया कि यह मुद्दा आगे जांच के लिये विधि आयोग को सौंप दिया गया है जो इसके लिये व्यवहारिक रूपरेखा और खाका तैयार करेगा पटना पुलिस ने बहुचर्चित रूपेश कुमार सिंह हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र शर्मा ने आज पत्रकारों को बताया कि रूपेश कुमार की हत्या रोडरेज के कारण हुई थी उन्होंने बताया कि रोडरेज की ये घटना पिछले वर्ष नवम्बर महीने में हुई थी जिसके बाद अपराधियों ने योजनाबद्व ढंग से इस वर्ष बारह जनवरी को रूपेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मामले की गहन जांच की गयी सीसीटीवी फुटेज और करीब पचास संदिग्ध लोगों से प्रछताछ के बाद हत्याकांड में रोडरेज की बात सामने आयी है रूपेश सिंह हत्याकांड मामले में पटना पूलिस के खूलासे पर उनके परिजनों ने असंतोष व्यक्त किया है रूपेश सिंह की पत्नी नीतू सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इतने बड़े सामाजिक व्यक्ति की हत्या के पीछे इतनी छोटी वजह होगी यह विश्वास नहीं होता वहीं रूपेश सिंह के भाई नंदेश्वर सिंह ने पुलिस के उद्भेदन को सिरे से नकारते हुए कहा कि इस पर भरोसा करना मुश्किल है उन्होंने कहा कि उनके भाई रूपेश ने कभी भी ऐसी किसी रोडरेज की घटना का जिक्र उनसे नहीं किया था राज्य सरकार ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल व्यक्तियों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही वे सरकारी ठेके लेने के पात्र होंगे मामले में आरोप पत्र दायर होने के साथ ही ऐसे लोग सरकारी नौकरी और ठेके के लिए अयोग्य हो जायेंगे हालांकि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की रिथति में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी और संविदा नौकरियों के साथ साथ ठेकेदारों के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है भारत ने कोविड उन्नीस महामारी से संघर्ष के दौरान सबसे तेजी से टीका लगाने के मामले में विश्व भर में पहला स्थान प्राप्त किया है देश भर में चालीस लाख से ज्यादा लोगों को अठारह दिनों टीका लगाकर भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है कोविड उन्नीस टीका लगाने के मामले में भारत पहली फरवरी को शीर्ष पांच देशों में शामिल था देश में टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है कोविड उन्नीस से संघर्ष में भारत को प्रतिदिन सभी मोर्चों पर सफलता मिल रही है प्रदेश में अब तक दो लाख इक्कीस हजार पांच सौ तेईस लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं राज्य में कहीं से भी टीके के दुष्प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया है कि टीकाकरण अभियान का पहला चरण दस फरवरी तक प्रा करने का लक्ष्य है इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढकर निन्यानवे प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख अंठावन हजार तीन सौ नौ लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं इस समय प्रदेश में केवल एक हजार पंचानवे लोग ही कोविड से संक्रमित हैं खास बात ये है कि राज्य के ग्यारह जिलों में कोविड संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है देश भर में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव शुन्य आठ फीसदी हो गयी है देश में कोविड मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है इस समय देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख साठ हजार संतावन है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता ने देश में चलाये जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी तरह सुरक्षित बताया है

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय को काम करने के घंटों को बढ़ाने के लिए कारखाना अधिनियम उन्नीस सौ अड़तालीस के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित करने से संबंधित विभिन्न राज्यों से अध्यादेश और विधेयक के मसौदे प्राप्त हुए थे उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने इन प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान एक करोड़ चौदह लाख प्रवासी कामगार अपने गृह राज्य लौटे राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार ने प्रवासी कामगारों की शिकायतों के समाधान के लिए देशभर में बीस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद लगभग दो सौ पंचानवे करोड़ रुपये के बराबर लगभग दो लाख कामगारों को वेतन दिया गया केन्द्र सरकार ने जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर के पहले चरण का काम कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया है इस संबंध में गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट के माध्यम से राज्यसभा में यह जानकारी दी गयी प्रदेश भर में मौसम के रूख में तेजी से बदलाव हुआ है दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है इसके साथ ही प्रदेश के अधिकतर भागों में कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति लगभग समाप्त हो गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि मध्य प्रदेश में बन रहे प्रतिचक्रवात के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में दिन और रात के तापमान में लगातार वृद्धि होगी वहीं प्रदेश के विभिन्न भागों में पांच और छह फरवरी को मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की सम्भावना है

सहकारिता मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षो से राज्य में बीस लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद नहीं हो सकी थी विभाग द्वारा धान खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने के कारण इस बार धान की अधिप्राप्ति में वृद्धि हुई है उन्होंने बताया कि अब तक अस्सी प्रतिशत किसानों को भुगतान किया जा चुका है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन दो मई से सत्रह मई के बीच होगा परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन शुरू हो गया है

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव के लिये बनायी गयी मतदाता सूची में सुधार के लिये दावों और आपत्तियों की जांच का काम चल रहा है आयोग ने आठ फरवरी तक सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण करने का निर्देश दिया है विभिन्न जिला प्रशासन चौदह फरवरी तक नई प्रविष्टियों पर आयोग से अनुमोदन लेंगे जबकि उन्नीस फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा राज्यपाल फागू चौहान ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल राज्य के एनसीसी कैंडेटों को सम्मानित किया है राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में इन कैडेटों को सम्मान पत्र दिया गया इस मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे पूर्व रेलवे ने पटना कोलकाता के बीच दो स्पेशल ट्रेन समेत कई मेमू ट्रेन चलाने की घोषणा की है कोलकात पटना स्पेशल ट्रेन छह फरवरी से सप्ताह में तीन दिन मंगलवार गुरूवार और शनिवार को चलेगी जबकि पटना कोलकाता स्पेशल ट्रेन सात फरवरी से बुधवार शुक्रवार और रविवार को चलेगी इन ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग कल से शुरू हो जायेगी खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बालकुंडा गांव में एक अर्द्वनिर्मित घर की दीवार गिरने से दबकर एक बच्चे की मौत हो गयी हादसे में एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है कैमूर जिले के मोहनियां थाना क्षेत्र अंतर्गत मझारी गांव के पास एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल्हर पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तीस पर एक पिकअप वैन की ऑटो से टक्कर हो गयी हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि नौ लोग घायल हो गये गोपालगंज जिले के श्रीपुर में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक लग्जरी कार से दस सौ चालीस बोतल देशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है राज्य सरकार ने रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाले छह ग्राम पंचायतों के मुखिया को पद से बर्खास्त कर दिया है इन सभी पर अपने अपने पंचायतों में सोलर लाईट लगाने में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप है वहीं जिले के बरका बुध्यवा गांव में संयुक्त अभियान चलाकर सुरक्षा बलों ने कुख्यात नक्सली विरेन्द्र सिंह खरवाल उर्फ मुखिया को गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिले के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले आठ शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है बक्सर जिले के गहमर थाना क्षेत्र के बारागांव के नजदीक पुलिस ने दो युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है पकड़े गये दोनों युवकों में से एक छत्तीसगढ़ में पुलिस के पद पर कार्यरत है मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र में रेल सुरक्षा बल ने एक कैफे में छापामारी कर फर्जी रेल टिकट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है मौके से कई फर्जी टिकट के साथ लैपटॉप मोबाईल और नकद राशि बरामद की गयी है केन्द्र सरकार ने ट्वीटर को चेतावनी देते हुए आज कहा कि अगर वह आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा सरकार ने जोर देते हुए कहा कि आदेश के बावजूद एकतरफा कार्रवाई करते हुए किसानों के विरोध से संबंधित आपत्तिजनक हैशटैग से जुड़े खातों और ट्वीट्स को अनब्लॉक कर दिया सरकार ने एक बयान में कहा है कि समाज के बीच तनाव पैदा करने से यह प्रेरित अभियान है और उकसाने वाली कार्रवाई की गयी है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि इससे कानून व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है

बहुचर्चित रूपेश कुमार सिंह हत्याकांड मामले में पटना पुलिस का खुलासा

परिजनों ने पुलिस के खुलासे को मनगढ़त बताया

पांच और छह फरवरी को हल्की बारिश का पूर्वानुमान